सम्मेलन के दौरान निवेश के अवसरों की संभावनाएं तलाशने पर चर्चा होगी

अपने संबोधन में उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए मौजूद अनुकूल माहौल की जानकारी दी

निवेाक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देहरादून में दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया ये राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन है इसमें चेक गणराज्य सांझेदार देश के रूप में शिरकत कर रहा है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण जैविक उत्पाद और हेन्डीक्राफ्ट को बढ़ावा देना है इससे राज्य में रोजगार सुजन को बढ़ावा मिलेगा सम्मेलन में बड़ी संख्या में देश विदेश के जाने माने उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई उपाय किये हैं

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के अवसर काफी बढ़े हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड का है

सम्मेलन में पहुंचे गणमान्य लोगों और उद्यामियों को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास रोजगार सुजन नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक बेहतर व्यापारिक वातावरण के लिए सभी खूबियां मौजूद हैं

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेशकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से जानकारी भी दी

बाल लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना आज उत्तराखण्ड में लोगों को जागरूक करने में सफल साबित हो रही है लोग अब बेटियों के महत्व को समझने लगे हैं और बेटियों की शिक्षा के प्रति भी अब विशेष ध्यान दे रहे हैं इस योजना से बालिकाओं को भी समाज में विशिष्ट स्थान मिला है टिहरी जिले के नरेन्द्र नगर विधानसभा के राजकीय इण्टर कॉलेज खरसाड़ा की छात्रा मेघा रावत का कहना है इस योजना से बेटियों की स्थिति बेहतर हुई है वहीं जिले की ढालवाला निवासी आयषा बिजल्वाण का कहना है कि जब से बेटियों के हित में यह योजना शुरू हुई है तब से बेटियों में अपने पैरों पर खडे होने का आत्मविश्वास आया है

मिक्षन गंगे पर्वतारोही बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आज मिशन गंगे के तहत हरिद्वार के दशहरा मेला ग्राउंड में सफाई अभियान चलाया गया है जिसमें कई स्वयं सेवी संस्था और शिक्षण संस्थानों ने भी अपनी सहभागिता की इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से मिशन गंगे के तहत स्वछता अभियान से जुड़ने की अपील भी की उन्होंने खुशी जताई कि मिशन गंगे के साथ लोग जुड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि रातों रात सफलता नहीं मिलेगी